भाजपा के सभी विधायक एक महीने का वेतन देंगे और प्रदेश में कोरोना वायरस के दो और मामलों की हुई पुष्टि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिर कहा है कि कोविड नाईनटीन से निपटने का एक मात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना है बनारस के लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को इस बीमारी के बारे में जानकारी होने के बावजूद वे चेतावनियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है

इस बीमारी में जो बातें सामने आयीं है उसमें सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि बीमारी किसी से भी भेदभाव नहीं करती

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि डॉक्टरों एयर लाइन कर्मचारियों और आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं से उन्हें बहुत तकलीफ हुई है श्री मोदी ने कहा कि इस तरह के मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी श्री मोदी ने संकट की इस घड़ी में गरीबों को हर तरह से मदद करने का आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें अगले इक्कीस दिनों में रोजाना कम से कम नौ गरीब परिवारों को मदद करने का संकल्प लेना चाहिए

मैं मानता हूं कि अगर इतना भी हम कर लें तो मां की इससे बड़ी आराधना क्या हो सकती है ये सच्चा और पक्का नवरात्र हो जाएगा इसके अलावा आपके आसपास जो पशु हैं उनकी भी चिंता करनी है लॉकडाउन की वजह से अनेक पशुओं के सामने जानवरों के सामने भी भोजन का संकट आ गया है मेरी लोगों से प्रार्थना है कि अपने आसपास के पशुओं का भी ध्यान रखें श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने ह्वाटएप से सम्पर्क कर ेल्प डेस्क बनाई है ताकि लोगों को कोरोना वायरस के बारे में भरोसेमंद सूचनाएं दी जा सकें उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की बाईट पीएम कोरोना से संक्रमित दनिया में एक लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं और भारत में भी दर्जनों लोग कोरोना के शिकंजे से वाहर निकले हैं मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि कोरोना से जुड़ी सही और सटीक जानकारी के लिए सरकार ने व्हाट्सप के साथ मिलकर एक हेल्प डेस्क भी बनायी है

प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रदर्शित करने की अपील की है केन्द्र सरकार ने लॉक डाउन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून के तहत सभी राशन कार्डधारियों को सात किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न देने का फैसला किया है गेहूं दो रूपये प्रति किलो और चावाल तीन रूपये प्रति किलो की दर से मिलेगा मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी

दूध हो दवा हो सब्जी हो किराना हो जो भी जीवनावश्यक चीज हैं उन सब की दुकानें चालू रहेंगी लेकिन उसमें हमें क्या करना है ये दिखाने जैसा है यहां दुकान में जाकर भीड करेंगे तो सारा प्रपज ही खत्म होगा और इसलिए बेहद जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेन सेवाओं को रद्द रखने की अवधि अगले महीने की चौदह तारीख तक बढ़ा दी है इससे पहले रेलवे ने सभी यात्री ट्रेन सेवाओं को बाईस मार्च की मध्य रात्रि से इकतीस मार्च तक निलंबित रखने की घोषणा की थी इक्कीस दिन के लॉकडाउन की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए मालगाड़ियों का संचालन जारी रहेगा पेट्रोलियम मंत्रालय ने बिना ब्रकिंग रसोई गैस सिलेंडर पहुचाने की व्यवस्था की है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि मुहल्ले मुहल्ले जाकर गैस वेंडर घंटी बजाकर लोगों को सिलेंडर उपलब्ध करायेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लॉक डाउन की अवधि के दौरान सभी टॉल प्लाजा पर टॉल टैक्स नहीं लेने का फैसला किया है कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश में अब दिन के दस बजे से दिन दो बजे तक ही बैंकों का कामकाज होगा बिहार में दो नये मरीजों में कोरोना वायरस के संक्रमण की प्रष्टि होने के साथ ही मरीजों की संख्या बढ़कर छह हो गयी है कल दो मरीजों में संक्रमण की प्रष्टि हुई जो मुंगेर के हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार ये दोनों राज्य के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के रिश्तेदार हैं इनमें से एक महिला और एक बच्चा है इधर स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की संख्या एक हजार दो सौ अट्ठाईस हो गयी है इन सभी की निगरानी की जा रही है इधर देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या छह सौ सात हो गयी है इनमें से दस की मौत हो चुकी है जबकि बयालीस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है अभी पांच सौ पचपन लोगों का उपचार चल रहा है कोरोना से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग करने का सिलसिला जारी है भाजपा कोटे से राज्य मंत्रिमंडल के सभी मंत्री एक एक लाख रूपये और पार्टी के सभी विधायक अपना एक एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह जानकारी दी इधर कोन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने अपने सांसद निधि से एक करोड़ केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सवा करोड़ सांसद महाबली सिंह गोपालजी ठाक्र चंदन सिंह सुनील कुमार पिंटू चिराग पासवान और प्रिंस राज ने एक एक करोड़ रूपये देने की अनुशंसा की है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और जल संसाधन मंत्री संजय कूमार झा ने अपने एक माह का वेतन राहत कोष में दिया है पूर्व मूख्यमंत्री राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने अपना एक माह का वेतन कोष में देने की घोषणा की है इसके अलावा राज्य सरकार की विभिन्न कंपनियों की ओर से भी मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान किया जा रहा है बियाडा ने पांच करोड़ बुडको ने तीन करोड़ और बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड ने दो करोड़ रूपये राहत कोष में दिया है महावीर मंदिर पटना की ओर से भी एक करोड़ रूपये की सहयोग राशि दी गयी है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रदेश में लॉक डाउन के दौरान किसी भी आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होने दी जायेगी उन्होंने लोगों से भयभीत होकर खरीददारी नहीं करने की अपील की श्री मोदी ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए राज्यस्तर पर उच्चस्तरीय समिति और सभी जिलों में विशेष टीम का गठन किया गया है गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि लोग होम डिलिवरी के माध्यम से अपने घरों में आवश्यक सामान मांगवा सकते हैं इधर खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि विभाग जल्द ही एक टोल फी नम्बर जारी करेगा जिस पर लोग कालाबाजारी की शिकायत कर सकते हैं हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि कालाबाजारी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है इस सिलसिले में पूर्णिया के भवानीपुर में दो दुकानों को सील किया गया राज्य सरकार ने कोविड नाईनटीन की रोकथाम और इलाज के लिए इमरजेंसी रिस्पांड टीम का गठन किया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इस टीम में स्वास्थ्य विभाग के बारह अधिकारियों को शामिल किया गया है उन्होंने बताया कि ये टीम दिन भर की कार्ययोजना तैयार करेगी और पिछले चौबीस घंटे में इस दिशा में की गयी कार्यप्रगति की समीक्षा करेगी लॉक डाउन के बावजूद बिना काम घर से निकलने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है कल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पांच सौ इकतीस गाड़िया जब्त की गयी इकतालीस लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी और नौ को गिरफ्तार किया गया हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि लॉक डाउन के तहत सघन निगरानी के आठ कोषांगों का गठन किया गया है राज्य सरकार ने सभी पंचायतों के मुखिया से कोरेंटाईन सेंटर के संचालन में सहयोग की अपील की है मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर सभी मुखिया को आवश्यक निर्देश दिया पटना एम्स में कोरोना के संदिग्धों के लिए आईसोलेशन वार्ड में बेड की संख्या बढ़ाकर एक सौ बीस कर दी गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां लॉक डाउन के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बिहार सरकार द्वारा सभी राशन कार्डधारियों के खातों में एक एक हजार रूपये भेजने और केन्द्र सरकार द्वारा दो रूपये गेहूं तथा तीन रूपये प्रति किलो चावल देने के फैसले से जुड़ी खबर को हिन्दुस्तान दैनिक जागरण और प्रभात खबर समेत आज के सभी समाचारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर छह होने की खबर दैनिक भास्कर राष्ट्रीय सहारा और आज समेत सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है

भाजपा के सभी विधायक एक महीने का वेतन देंगे और प्रदेश में कोरोना वायरस के दो और मामलों की हुई पुष्टि